कहा संतृष्ट नहीं होने पर अलग से करवाई जायेगी जांच

राज्य सरकार द्वारा वैट की दर में संशोधन के बाद प्रदेश में पेट्रोल दो रूपये बाईस पैसे और डीजल दो रूपये इकतीस पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है पटना में पेट्रोल की कीमत अठहत्तर रूपये बानवे पैसे और डीजल की कीमत इकहत्तर रूपये उनचास पैसे प्रति लीटर हो गयी है गुरूवार को राज्य मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम पदार्थों पर आधार मूल्य के अनुसार वैट की दरें तय की थी पेट्रोल का आधार मूल्य पैंसठ रूपये होने पर छब्बीस प्रतिशत और पैंसठ रूपये से अधिक होने पर बाईस प्रतिशत तथा डीजल का आधार मूल्य चौंसठ रूपये तक होने पर उन्नीस प्रतिशत और चौंसठ रूपये से अधिक होने पर पन्द्रह प्रतिशत वैट लगाने को मंजूरी दी गयी थी इसी के प्रभाव से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी दर्ज की गयी है पटना उच्च न्यायालय ने पटना में भीषण जल जमाव को लेकर एक बार फिर कड़ा रूख दिखाया है न्यायालय ने कहा है कि पिछले दिनों भारी बारिश के बाद पटना में हये भीषण जल जमाव के लिए यदि कोई अधिकारी दोषी पाये जाते हैं तो उनपर कड़ी कार्रवाई की जायेगी इस संबंध में दायर कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय और पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राज्य सरकार और पटना नगर निगम को निर्देश दिया कि वह इस मामले में की गयी कार्रवाई का पूरा विवरण अगली सुनवाई में पेश करे पीठ ने कहा कि यदि ये रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होती है तो एक जांच कमिटी का गठन किया जायेगा और यदि इस कमिटी की रिपोर्ट में भी खामी पाई जायेगी तो एसआईटी का गठन होगा पटना और दानापुर के जल जमाव वाले क्षेत्रों से पानी निकासी के लिए सत्ताईस टीमों का गठन किया गया है नगर विकास और आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला किया गया इन टीमों को तीन दिनों के भीतर पानी निकालने का निर्देश दिया गया है सरकारी राशि के गबन और पद के द्रूपयोग के मामले में पंचायती राज विभाग ने औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के एरौरा ग्राम पंचायत के मुखिया प्रमोद कुमार को पद से हटा दिया है साथ ही जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि यदि आरोपी मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा गबन की गयी राशि जमा नहीं करवायी जाती है तो उनके खिलाफ नीलाम पत्र की कार्रवाई की जाए प्रदेश में आज से जल जीवन हरियाली अभियान की औपचारिक शुरूआत होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में इसकी विधिवत शुरूआत करेंगे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि जिला प्रखंड और पंचायत स्तर पर एक साथ योजना की शुरूआत होगी कार्यक्रम का वेबकास्टिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रसारण किया जायेगा प्रदेश की बंद पड़ी बारह चीनी मिलों की बाईस सौ एकड़ जमीन उद्योगों के लिए लीज पर दी जायेगी गन्ना विकास मंत्री बीमा भारती ने बताया कि मुजफ्फरपुर पटना पूर्वी चम्पारण मध्यबनी पूर्णियां गोपालगंज नवादा वैशाली गया और सीवान जिले के बंद पड़े चीनी मिलों की जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र बसाने की योजना अंतिम चरण में है प्रदेश में भूमि संबंधी शिकायतें अब ऑनलाईन दर्ज होंगी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने एनआईसी को इस संबंध में सॉफ्टवेयर तैयार करने को कहा है नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद लोग जमीन के म्यूटेशन से लेकर भूमि के दस्तावेजों में गड़बड़ियों की शिकायत ऑनलाईन कर सकेंगे भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत अधिकारी और गया जिले के पाली गांव के मूल निवासी दिनेश्वर शर्मा को लक्षद्वीप का प्रशासक बनाया गया है इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण सिंह ने बिहार के महालेखाकार का कार्यभार संभाल लिया है श्री सिंह उन्नीस सौ बानवे बैच के अधिकारी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे कल ही देशभर में दिपावली का त्यौहार भी मनाया जायेगा श्री मोदी ने इसी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देशवासियों से दिवाली का त्यौहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था

ये भी जरूर देखना कि दिवाली के दिनों में पटाखे वगैरह से कहीं आगजनी कहीं किसी व्यक्ति का नुकसान न हो जाए आइए मिलजुल करके उमंग से उत्साह से नये सपने नये संकल्प के साथ हम त्यौहारों को भी मनाए फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की सम्भावना जतायी है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ओड़िशा में बने साईक्लोनिक सर्कुलेशन और आसाम से होते हुये बंगाल के तटीय इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण प्रदेश में बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों हुई हल्की बारिश के कारण अधिकतम तापमान में सात से साढ़े नौ डिग्री सेल्सियस तक की कमी आयी है पिछले बीस सालों में यह सबसे बड़ी गिरावट है इधर पटना और आसपास के हिस्सों में आज सुबह से ही आसमान में बादल छाये हैं और कहीं कहीं ब्रंदाबांदी भी हो रही है तापमान में गिरावट आने के बावजूद प्रदेशभर में डेंगू के मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना के सरकारी अस्पतालों में एक सौ उनसठ नये मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई पीएमसीएच में तिरानवे एनएमसीएच में सत्ताईस और आर एम आर आई में उनतालीस मरीजों में डेंगू पॉजीटिव पाया गया पटना के अलावा नालंदा रोहतास बेगूसराय और मुजफ्फरपुर जिले में भी डेंगू के कई नये मामले प्रकाश में आये हैं प्रदेश में धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीददारी की बाजार विशेषज्ञों के अनुसार कल लगभग बाईस सौ करोड़ रूपये का कारोबार हुआ पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पन्द्रह से बीस फीसदी अधिक कारोबार हुआ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी के अग्रवाल और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने इस साल हुये व्यवसाय पर संतोष जताते हुये कहा है कि धनतेरस पर कहीं से भी मंदी का असर नहीं दिखा वहीं ऑल इंडिया बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन चन्द्रा ने बताया कि इस बार धनतेरस पर प्रदेश में रियल इस्टेट के क्षेत्र में दो सौ करोड़ रूपये से अधिक का कारोबार हुआ मुजफ्फरपुर जिले हथौड़ी थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोपालपुर चचरी पुल के पास देर रात हथियारबंद अपराधियों ने एक मोटरसाईकिल एजेंसी के मालिक से सत्रह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि पीड़ित कार से घर लौट रहा था तभी पहले से घात लगाये अपराधियों ने फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया भोजपुर और पटना के चर्चित दुष्कर्म मामले में भोजपुर स्थित विशेष पॉक्सो अदालत ने चार आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म पॉक्सो और देह व्यापार के लिए किशोरियों की खरीद बिक्री करने सहित अन्य धाराओं में संज्ञान लिया है मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद और हावड़ा के बीच चलने वाली जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेनों को लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीरों और संदेशों से सजाया जायेगा इन दोनों ट्रेनों के नये स्वरूप को सरदार पटेल की जयंती को लेकर समर्पित किया गया है भगवान महावीर के दो हजार पांच सौ पैंतालीसवें में निर्वाण दिवस के अवसर पर आज से पावापुरी में पावापुरी महोत्सव की शुरूआत हो रही है दो दिवसीय इस समारोह में कई जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है आधार से लिंक होगी प्रॉपर्टी देश में पहली बार सम्पत्ति स्वामित्व का मॉडल कानून बनेगा हिन्दुस्तान ने राजगीर के विश्व शांति स्तूप के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन को प्रकाशित करते हुये लिखा है बुद्ध और गांधी में हर समस्या का हल प्रभात खबर की सुर्खी है हरियाणा में बनी बात सीएम भाजपा का डिप्टी सीएम जननायक जनता पार्टी का होगा दैनिक जागरण लिखता है जीसी मुर्मू जम्मू कश्मीर के और आर के माथुर लद्दाख के पहले उप राज्यपाल नियुक्त किये गये

कहा संतुष्ट नहीं होने पर अलग से करवाई जायेगी जांच